मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चमियाना स्पेशियलिटी अस्पताल का कार्य अगले वर्ष जून तक पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश राजस्व मंत्री महेन्द्र सिंह ने लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए राजस्व अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने को कहा प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है करवाचौथ का पर्व सुहागिनों को चांद के दीदार का इंतजार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

आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र सरकार का परियोजना की स्वीकृति के लिए आभार जताया है उन्होंने कहा कि इस परियोजना से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ साथ राज्य की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने में ये परियोजना सहायक सिद्ध होगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज शिमला के नजदीक मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल चमियाना का दौरा किया और अधिकारियों को इस परियोजना का कार्य अगले वर्ष जून तक पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में सभी प्रमुख विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध होंगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल सड़क बिजली सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभागों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जयराम ठाक्र ने कहा कि इस परिसर में कनिष्ठ व वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के लिए आवास व पैरामैडिकल स्टॉफ के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि इस राशि से बसों व निगम के संस्थानों को सैनिटाईज किया जाएगा

जयराम ठाक्र ने कहा कि इस धनराशि से परिवहन निगम को थर्मल गन व अन्य सुरक्षा उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सोलन में लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही नगर निगम का निर्माण किया जाएगा हमारे सोलन जिला संवाददाता लक्ष्मी दत्त से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी आपत्तियों के बाद ही सरकार अंतिम निर्णय लेगी

रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मंडी जिले के द्वंग व ग्म्मा में नमक की खानों को तीन माह के भीतर आरम्भ कर दिया जाएगा

रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि धीरे धीरे इन खानों की क्षमता एक हजार टन तक बढ़ाई जाएगी और इनका निर्यात अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी किया जाएगा महेन्द्र सिंह जलशक्ति व राजस्व मंत्री महेन्द्र सिंह ने राजस्व अधिकारियों को लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य में तेजी लाने को कहा है बिलासपुर में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों से संबंधित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी लोगों के बीच जाएं ताकि उन्हें बार बार तहसीलों के चक्कर न लगाने पड़ें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्व मामलों की प्रक्रिया को सरल करने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि लोगों को शीघ्र राजस्व सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें

भूमिपूजन इस बीच जलशक्ति व बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने आज धर्मपूर विधानसभा क्षेत्र में बरच्छबाड़ सैण बकारटा सड़क का भूमिपूजन किया

करवा चौथ प्रदेश भर में आज करवाचौथ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है सुहागिनों ने अपने पति की लम्बी उम्र की कामना के साथ निर्जला उपवास रखा है और उन्हें अब चांद के दीदार का इंतजार है मान्यता के अनुसार सुहागिनें चांद निकलने पर पूजा अर्चना के बाद जल ग्रहण कर अपना उपवास तोड़ती है ये त्यौहार पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है प्रदेश के बाजारों में आज खूब रौनक रही सोलन में महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए और कई प्रतियोगिताएं करवाई गयीं राजधानी शिमला के एतिहासिक रिज मैदान पर भी करवा चौथ पर्व पर काफी चहल पहल है और यहां सैंकड़ों महिलाएं एक साथ चांद निकलने पर पूजा अर्चना के साथ अपना उपवास तोड़ेंगी निंदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ व स्वतंत्र पत्रकारिता पर किए इस हमले की कड़ी निंदा की है मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया की आवाज को दबाना लोकतंत्र पर कठाराघात है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने इसे प्रजातंत्र के चौथे स्तम्भ का अपमान बताया है उन्होंने कहा कि देश इस शर्मनाक कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगा वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर अपनी सत्ता का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया है मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा है कि प्रदेश में पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण पेयजल व स्वच्छता समितियों का गठन किया जा रहा है

भेंट राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर के नेतत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रदेश के पॉलिबायोनिक टैक्नोलॉजी वाले जैविक उत्पादों के निर्यात की कार्य योजना के बारे अवगत करवाया मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जैविक उत्पादों का उपयुक्त व प्रभावी रूप से विपणन किया जाए तो इससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर महंगाई पर अंकृश लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि त्यौहारों के दौरान पीडीएस के तहत मिलने वाली दालों के मूल्यों में बढ़ोतरी कर गरीब व आम लोगों पर बोझ डाला गया है